जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि कृषि सुधार अधिनियम से किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी साथ ही आने वाले समय में उनकी आय दुगुनी हो जाएगी श्री मुंडा आज रांची में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बिल के आने के बाद किसानों के पास अपनी उपज बेचने के विकल्प खुल गए हैं किसान अब चाहें तो मंडी या खुले बाजार दोनों जगहों पर अपने आनाज बेच सकते हैं इससे पहले श्री मुंडा ने रांची के बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में किसानों के साथ सीधा संवाद किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण और पूरे साल चालू रहने वाली अटल सुरंग का उद्घाटन किया उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में सड़कों पुलों और सुरंगों का निर्माण तेजी के साथ किया गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपयी जी का बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ो लोगों का सपना भी साकार हुआ है अटल सुरंग लगभग दस हजार फीट की ऊचाई पर बनी दुनिया की सबसे लम्बी सुरंग है इसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया है

नौ किलोमीटर और दो सौ मीटर लंबी यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है इस सुरंग में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी जिसमें हर एक सौ पचास मीटर की दूरी पर एक टेलीफोन बूथ हर साठ मीटर की दूरी पर अग्निशमन व्यवस्था हर दो सौ पचास मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे और हर पांच सौ मीटर की दूरी पर आपातकालीन निकास शामिल हैं राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को नल का शुद्ध जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है इस सिलसिले में आज विभिन्न जिलों में जागरूकता रथ को रवाना किया गया साहेबगंज जिले में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर उपायुक्त चितरंजन कुमार ने कहा कि वर्ष दो हजार चौबीस तक इस मिशन को पूरा कर लिया जाएगा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से यह जागरूकता रथ एक सौ छियासठ पंचायतों के सभी गांव में जाकर आम जनता को जागरूक करेगा इधर गुमला जिले में पंद्रह अक्टूबर तक जागरूकता रथ विभिन्न इलाकों में भ्रमण करेगा जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने इस रथ को आज समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कोरोना से मुक्त होने वालों की संख्या के लिहाज से भारत पहले स्थान पर बना हुआ है

भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर बहुत कम रही है वैश्विक स्तर पर कोरोना से मृत्यु दर दो दशमलव नौ सात प्रतिशत है जबकि भारत में यह दर केवल एक दशमलव पांच छह प्रतिशत है भारत में प्रति दस लाख पर कोरोना से हुई मृत्युदर दुनियाभर में सबसे कम है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक टवीट में कहा कि प्रतिदिन संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या में वृद्वि और मृत्य दर में लगातार कमी से उपचाराधीन रोगियों की संख्या कम हो रही है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

श्री सिंह आज जमशेदपुर में कानून और अनुसंधान विषय पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवानन ने कहा कि हाल ही में बड़ी संख्या में अवर पुलिस निरीक्षकों की नियुक्ति हुई है जिन्हें जल्द ही विभिन्न थानों में पदस्थापित किया जाएगा

कोरोना से संक्रमित होने के बाद इनका अस्पताल में इलाज चल रहा था अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि कल उनकी कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आयी थी लेकिन आज दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया मंत्री के निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिब् सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने गहरा दूःख जताया है मुख्यमंत्री ने टवीटर पर अपनी भावनाएं जाहिर करते हए लिखा है कि हाजी साहब ने झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभायी थी वह सरल भाव और दृढ़ विश्वास वाले नेता थे श्री अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे वर्ष उन्नीस सौ पंचानवे में पहली बार उन्होंने देवघर के मध्यपुर से विधायक का चुनाव जीता था सिमडेगा जिले में आदिवासी यूवाओं के लिए सौर ऊर्जा पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हो गया जिला प्रशासन जेडा और सीड संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी दी गयी सिमडेगा जिले के नगर भवन में आज शिक्षा विभाग की ओर से क्षमता निर्माण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया

रेलवे सुरक्षा बल ने कल शाम रांची रेलवे स्टेशन से चौदह बच्चियों को बरामद किया है इन्हें दरभंगा सिकंदराबाद के बीच चल रही विशेष ट्रेन से हैदराबाद ले जाया जा रहा था बरामद बच्चियों में आठ नाबालिग हैं पूछताछ में सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली कि इन्हें सिलाई कढ़ाई में प्रशिक्षण देने के नाम पर लातेहार से हैदराबाद तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र से आज सुबह एक नवजात का शव बरामद किया गया है पूलिस ने बेताया कि मंदेया नदी को नजदीक मंदिर के पास पानी में नवजात का शव दिखा जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी इधर गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना अंतर्गत मोतीलेदा पंचायत के केंद्आगढ़ा में एक किसान का शव खेत से बरामद किया गया है किसान के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने कहा है कि राज्य में यातायात व्यवस्था को सुधारने की जरूरत हैं बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और यातायात पुलिसकर्मी भी आम लोगों को परेशान करते हैं श्री मारू ने पूलिस कर्मियों के कार्यों की निगरानी के लिए एक अन्श्रवन कोषांग के गठन की मांग की है मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्यभर में अगले पांच दिनों तक बारिश और वज्रपात की संभावना जतायी है